नई सरकार के गठन के बाद शासी परिषद की यह पहली बैठक है इस बैठक की कार्यसूची में वर्षा जल संचय सूखे की स्थिति और राहत उपायों आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम कृषि सुधारों और विशेष रूप से वाम प्रभावित उग्रवाद वाले जिलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हो रही हैं इसमें शासी परिषद पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा करेगी बैठक में भावी विकास प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाएगी नीति आयोग की शासी परिषद में प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्य्याल और अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हुआ करते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं मंहगाई भत्ता राज्य शासन ने पंचायत राज संस्थाओं के पंचायत सचिवों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी किये हैं

गौरतलब है कि कल प्रदेश के सात लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों और अध्यापकों सहित अन्य कर्मचारियों का सरकार ने तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किये हैं

श्री मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहत क्छ है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हे ऐसे ही विचारों के व्यापक आदान प्रदान की उम्मीद है देशवासी नमो ऐप और माइ जीओवी के माध्यम से अपने नवीन सुझाव साझा कर सकते हैं

इनमें से कुछ संदेश मन की बात के प्रसारण में शामिल भी किए जा सकते हैं और कुछ सुझावों की चर्चा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं

नया सवेरा राज्य सरकार ने संबल योजना का नाम बदलकर नया सवेरा कर दिया है श्रम विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिये हैं आदेश में कहा गया है कि विभाग द्वारा इसके लिए नये कार्ड जारी किये जायेंगे गौरतलब है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने यह योजना शुरू की थी इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ दिये जाते हैं आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण नया सबेरा के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को त्वरित गति योजनाओं के लाभ के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिल सके जिसमें श्रमिक का आधार और मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा कांग्रेस उपलब्धि राज्य की कांग्रेस सरकार अपने छह माह पूरे करने जा रही है इस उपलक्ष्य में सरकार अपनी उपलब्धियां से जनता को अवगत कराएगी

उन्होंने कहा कि अल्प कार्यकाल में ही कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र पर अमल करते हुए ऐसे कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनसे न केवल जनता को बड़ी राहत पहुंची है बल्कि प्रदेश भी विकास की राह पर दौड़ पड़ा है